प्रदेश में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर समुदाय के साथ सरकार के लगातार समझाइश के प्रयास जारी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

जयपुर हैरीटेज में कांग्रेस को बढत मिली है लेकिन पूर्ण बह्मत से वह महज चार सीट दूर रह गई

माना जा रहा है कि यहां कांग्रेस निर्दलीयों के समर्थन से बोर्ड बना सकती है इधर कोटा दक्षिण निगम में दोनों दलों के बीच बराबरी का मुकाबला है यहां पर भी बोर्ड बनाने को लिए निर्दलीयों की भूमिका अहम रहेगी

इन सभी छह नगर निगमों में महापौर पद के लिये आज लोक सचना जारी की जाएगी

और उसके तुरंत बाद परिणाम जारी किये जायेंगे

इसी के साथ नामांकन भरने की प्रकिया भी शुरू हो जायेगी

चुनाव चार चरणों में होंगे

राज्य सरकार ने इस संबंध में देर रात आदेश जारी कर दिए पूर्व पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र यादव के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने श्री लाठर को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बना रखा था

कल सरकार की ओर से आईएएस नीरज के पवन गूर्जर नेताओं से वार्ता करने के लिए पीलूपुरा पहुंचे उन्होंने गूर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से बातचीत की हालांकि अभी मांगों को लेकर सहमंति नहीं बन पाई है इसको लेकर आज फिर वार्ता होने की संभावना है इधर करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि आंदोलन के कारण अभी भी रेल और सड़क यातायात प्रभावित है

हिण्डौन सिटी रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल तैनात किया हुआ है वहीं जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में जनता के नाम जनता का संदेश के शुंखला चलाई जा रही है इसके माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जनजागरुकता आंदोलन से जुड सकते हैं

आरोपी ने मारपीट के एक मामले में परिवादी से केस को मजबूत करने और चालान पेश करनी की एवज में यह रिश्वत मांगी थी